स्वदेशी कोवैक्सीन को परीक्षण के तीसरे चरण में गंभीर कोविड मरीजों पर शत प्रतिशत प्रभावी पाया गया

केन्द्र सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन पर आयात शुल्क को किया समाप्त कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

सरकार इन जिलों में स्थिति को नियंत्रित करने पर ध्यान दे रही है केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि केंद्र और राज्य सरकारे महामारी से निपटने के लिए हर संमव प्रयास कर रही हैं

दूसरी बार कोविशील्ड टीका लगवाने वालों में केवल शून्य दशमलव शून्य तीन प्रतिशत लोग ही संक्रमित हुए

गंभीर कोविड मरीजों में कोवैक्सीन शत प्रतिशत प्रभावी रही भारत बायोटेक और आई सी एम आर ने कोवैक्सीन परीक्षण के तीसरे चरण के अंतरिम परिणामों की घोषणा की भारत बायोटेक ने कहा कि दूसरे अंतरिम परिणामों से कोवैक्सीन को गंभीर कोविड रोगियों में बहुत प्रभावी पाया गया था

भारतीय आयूर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अध्ययन में पता चला है कि स्वदेश निर्मित कोवैक्सीन वायरस के डबल म्यूटेंट स्ट्रेन से निपटने के लिए भी प्रमावी है भारत के कुछ क्षेत्रों और कई अन्य देशों में पाए गए डबल म्यूटेंट स्ट्रेन सार्स कोव टू के प्रति इसे प्रभावी पाया गया है राष्ट्रीय वायरोलॉजी संस्थान ने बताया है कि भारत बायोटैक की कोवैक्सीन में ब्रिटेन और ब्राजील के वायरस को निष्प्रभावी करने की क्षमता है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने राज्य सरकारों और देश के निजी अस्पतालों के लिए कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत की घोषणा की है राज्य सरकारों को एक वैक्सीन के लिए चार सौ रूपये और निजी अस्पतालों को छह सौ रूपये देने होंगे भारत में कोविशील्ड वैक्सीन की निर्माता कम्पनी ने देश में टीकाकरण अभियान को तेज करने के लिए केन्द्र की हाल की छूट के मद्देनजर यह घोषणा की है नए प्रावधानों के तहत वैक्सीन निर्माता और आर्पतिकर्ता अपनी कोविड वैक्सीन का पचास प्रतिशत केन्द्र को और पचास प्रतिशत राज्य सरकारों तथा खुले बाजार में निजी अस्पतालों को बेचेंगे नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि घर या अस्पताल में क्वारंटीन में रह रहे अधिकांश लोगों को किसी विशिष्ट उपचार की आवश्यकता नहीं पड़ती है लेकिन उन्हें घबराहट होती है उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण वाले केवल कृष्ठ प्रतिशत लोगों को ही रेमेडिसविर इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है डॉक्टर गुलेरिया ने यह भी कहा कि रेमेडिसविर कोविड उपचार के लिए कोई चमत्कार करने वाली दवा नहीं है डॉ गुलेरिया ने कहा कि देश में ऑक्सीजन की आवश्यकता वाले मरीजों की संख्या और ऑक्सीजन की आपूर्ति में पर्याप्त संतुलन है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया

बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया है कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से टीकाकरण कार्यक्रम को आगे ले जाएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के फैसले से बेहतर कोविड प्रबंधन में और कोरोना संक्रमण को हराने में मदद मिलेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग की क्षमता में विस्तार किया जा रहा है

उन्होंने कहा कि कोरोना प्रसार को रोकने के लिये आवश्यक है कि टेस्टिंग पर फोकस किया जाये मुख्यमंत्री ने दिल्ली महाराष्ट्र राजस्थान मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों से आ रहे प्रवासी कामगारों और श्रमिकों की टेस्टिंग करते हुए उन्हें आवश्यकतानुसार क्वारेंटीन एवं चिकित्सा की समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये मुख्यमंत्री ने कहा है कि जीवन रक्षक दवाओं और रेमडेसिविर इंजेक्शन की निर्बाध आपूर्ति के लिये आवश्यक है कि इसकी लगातार मानीटरिंग की जाये उन्होंने कहा कि ऐसी दवाओं और इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत कार्रवाई की जाये

इस बात की जानकारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीटर के जरिये दी

उन्होंने कहा कि लोग आठ पांच आठ आठ आठ सात शून्य शून्य एक दो पर फोन कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं केंद्र सरकार में कोरोना मरीजों को किफायती चिकित्सा सुविधा देने के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शजन पर आयात शुल्क समाप्त कर दिया है इस कदम से दवा की आपूर्ति बढ़ेगी कीमत घटेगी और मरीजों को फायदा होगा वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि रेमडेसिविर की मुख्य सामग्रियों इंजेक्शन और उसे बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष तत्वों पर आयात शुल्क हटा दिया गया है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की पच्चीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की छिहत्तरवीं कड़ी होगी लोग नमो ऐप या माईगोव ओपन फोरम में अपने सुझाव दे सकते हैं वे टोल फ्री नंबर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर भी प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं फोन लाइन आज तक खुली रहेगी लोग एक र्नी दो दो पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस में प्राप्त लिंक के जरिए भी प्रधानमंत्री तक अपने सुझाव पहुंचा सकते हैं केन्द्र सरकार ने मीडिया की इन खबरों को तथ्यहीन बताया है कि इस वर्ष जनवरी में देश से ऑक्सीजन का निर्यात बढकर सात सौ प्रतिशत से अधिक हो गया पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने कहा है कि मीडिया खबरों में उद्योगों में इस्तेमाल होनी वाली ऑक्सीजन को गलती से चिकित्सा में उपयोग की जाने वाली ऑक्सीजन का निर्यात बताया गया पिछले वित्त वर्ष में मेडिकल ऑक्सीजन का वार्षिक निर्यात शून्य दशमलव चार प्रतिशत से भी कम था और वर्तमान में इस ऑक्सीजन का कोई निर्यात नहीं किया जा रहा है